पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिये रवाना

दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिये चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

अब तक दो लाख से अधिक रोगी हो चुके हैं स्वस्थ बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसके लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस चरण में दो करोड चौदह लाख से अधिक मतदाता एक हजार छियासठ उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें एक करोड़ बारह लाख छियहत्तर हजार तीन सौ छियानवे पुरूष और एक करोड़ एक लाख उनतीस हजार एक सौ एक महिला मतदाता हैं वहीं तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या पांच सौ निन्यानवे है प्रत्याशियों में नौ सौ बावन प्रूष और एक सौ चौदह महिलाएं हैं मतदान के लिये इकतीस हजार तीन सौ अस्सी पोलिंग ब्रथ बनाये गये हैं निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित इलाकों और प्रत्येक मतदान कोन्द्र पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया है पूरे मतदान प्रक्रिया की हेलीकाप्टर के माध्यम से निगरानी की जायेगी उन्होंने बताया कि चिन्हित मतदान केन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा वहीं पोलिंग ब्रथों पर पेयजल शेड और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदानकर्मियों को चुनाव सामग्रियों के साथ मतदान केन्द्रों पर भेजने का काम शुरू हो गया है कोरोना के बीच देश का सबसे पहला बड़ा चुनाव बिहार में हो रहा है इसे देखते हुये चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के लिये मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि मतदाताओं के लिये ब्रथ पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा पोलिंग ब्रथों पर प्रवेश से पूर्व मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी जिन लोगों का तापमान तय मानक से अधिक होगा उनका आधे घंटे बाद दोबारा तापमान जांचा जायेगा शरीर का तापमान कम नहीं होने की स्थिति में उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने के लिये बुलाया जायेगा और उन्हें इसके लिये एक टोकन भी उपलब्ध कराया जायेगा सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने के लिये पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के कतारबद्ध होने के लिये गोल घेरे बनाये गये हैं मतदान केंद्रों के प्रवेश और निकास द्वार पर पानी साबुन और हैंड सैनिटाईजर की व्यवस्था होगी मतदाताओं को एक हाथ का ग्लव्स दिया जायेगा जिसे पहनकर वे ईवीएम का बटन दबायेंगे समय समय पर बूथों को सेनिटाइज किया जायेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये स्वास्थ्य टीमों का भी गठन किया गया है इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक हजार पांच सौ के स्थान पर केवल एक हजार मतदाता ही मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि मतदान का सामान्य समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक रहेगा उन्होंने बताया कि इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में पैंतीस नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं सुरक्षा कारणों से बांका मुंगेर लखीसराय पटना कैमूर रोहतास अरवल जहानाबाद औरंगाबाद गया नवादा और जमुई में मतदान का समय अलग रखा गया है उन्होंने बताया कि बांका जिले के कटोरिया और बेलहर मुंगेर के तारापुर मुंगेर और जमालपुर लखीसराय के सूर्यगढ़ा पटना के मसौढ़ी और पालीगंज तथा रोहतास के सासाराम और काराकाट में मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक चलेगा इसी तरह गया जिले के शेरघाटी इमामगंज बाराचट्टी बोधगया और टिकारी नवादा के रजौली और गोविंदपुर तथा जमुई जिले के सिकंदरा जमुई झाझा और चकाई में भी मतदान का समय सुबह सात बजे से अपराह्न चार बजे तक निर्धारित है वहीं कैमूर जिले के चैनपुर में मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर अपराह्न तीन बजे तक तथा चेनारी में चार बजे तक अरवल जिले के अरवल और क्र्था में पांच बजे तक तथा जहानाबाद जिले के जहानाबाद घोसी और मुखदुमपुर में पांच बजे तक मतदान होगा औरंगाबाद के नवीनगर कुटुंबा और रफीगंज में तीन बजे तक जबकि गोह ओबरा औरंगाबाद और गुरुआ के मतदान केंद्रों में अपराह्न चार बजे तक ही वोट डाले जाएंगे पहले चरण के चुनाव के दिन कल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है च्रनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने कहा है कि फोटोयुक्त वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वोटर आईकार्ड में नाम पिता का नाम और पता में मामूली त्रुटि होने पर भी उसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा पहले चरण के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी उनतीस सीटों पर जनता दल यूनाईटेड पैंतीस और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा हम छह सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जबकि विकासशील इन्सान पार्टी वीआईपी का एक उम्मीदवार मैदान में है इधर महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल के बयालीस उम्मीदवार जबकि कांग्रेस के इक्कीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में है महागठबंधन की सहयोगी भाकपा माले के आठ उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं

पार्टी ने उन सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है जहां उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं हैं पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों में पच्चीस पर राजद तेईस पर जदयू तेरह पर भाजपा आठ पर कांग्रेस तथा एक एक सीट पर हिन्द्रस्तानी आवाम मोर्चा और भाकपा माले की जीत हुई थी पहले चरण के विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है इस चरण में राज्य के आठ मंत्री प्रेम कुमार रामनारायण मण्डल जयकुमार सिंह कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा शैलेश कुमार संतोष कुमार निराला विजय कुमार सिन्हा और ब्रज किशोर बिंद के भाग्य का फैसला होगा इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए उम्मीदवार के रूप में गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से चूनाव लड़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है वहीं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश और भगवान सिंह कुशवाहा के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता करेंगे इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह अनंत सिंह ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू उषा विद्यार्थी और राजेन्द्र सिंह जैसे राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है इस सिलसिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का वाल्मीकिनगर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है इधर आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्रबनी और पूर्वी चंपारण जिले में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और सांसद रविकिशन का सिवान सारण और गोपालगंज जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गोपालगंज और मोतिहारी में जन सभाओं को संबोधित करेंगी इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और मनोज तिवारी भी कई जन सभाओं को संबोधित करेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वही राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सारण और पटना जिले में चौदह चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे भोजपुर जिले की अगिआंव विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी प्रभुनाथ राम के काफिले पर अजीमाबाद थाना क्षेत्र के चिलहर गांव में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया इस घटना में प्रत्याशी के कई समर्थकों को चोट आयी है पुलिस मामले की जांच कर रही है शिवहर से जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्रीनारायण सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है शिवहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि संतोष झा गिरोह के विकास कालिया ने दिल्ली के तिहाड़ जेल से हत्या साजिश रची थी मुंगेर के दीनदयाल चौक के पास देवी दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर पुलिस और आम लोगों के बीच हुई झड़प में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि गोलीबारी की घटना भीड़ की तरफ से हुई उन्होंने बताया कि पथराव की घटना में बीस पुलिसकर्मी घायल हुये हैं कई लोगों को भी चोटें आयी हैं साउंड बाईट घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के बाद पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव नौ सात प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से लगभग पांच प्रतिशत अधिक है अब तक दो लाख दो हजार सात रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं इस समय दस हजार दो सौ उनतीस कोरोना रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है कल राज्य के विभिन्न जिलों से मात्र पांच सौ तेरह मामलों की पुष्टि हुई जो पिछले एक महीने की अवधि में सबसे कम संख्या है जमुई जिले के कुख्यात नक्सली सोरेन कोड़ा ने पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के समक्ष कल आत्मसमर्पण कर दिया नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी

पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिये रवाना

दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिये चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

अब तक दो लाख से अधिक रोगी हो चुके हैं स्वस्थ